भीलवाड़ा पाली और बालोतरा में टैक्सटाइल उद्योग धीरे धीरे फिर पकड़ने लगा रफ्तार

राज्य में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी कल से राहत मिलने की संभावना

शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि टेन या बसों में चढने से लेकर घर पहंचाने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना सम्बन्धित राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध करायें न्यायालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदशों से कहा कि वे अपने यहां फंसे प्रवासी मजदरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और समय को प्रचारित करें न्यायमर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जिस राज्य से मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उन्हें खाना और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रदेश सरकार की होगी जबकि टेन में सफर के दौरान इसे रेलवे को उपलब्ध कराना होगा पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को देखें और यह सुनिश्चित करें कि यथाशीघ ट्रेन या बसों में उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए पीठ ने कहा कि इस संबंध में सारी सुचना सभी सम्बन्धित लोगों तक प्रचारित की जाए

आज दौसा से उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों का आखिरी दल रवाना किया गया हमारे संवादाता ने बताया कि जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बस डिपो पहुंचकर प्रवासियों को रवाना करवाया उन्होंने प्रवासियों को पानी और बिस्किट के पैकेट भी मुहैया करवाया जिला कलेक्टर ने बताया कि आज बिहार के प्रवासी श्रमिकों को भी रवाना किया जा रहा है उधर बांरा से पन्द्रह परिवारों को आज मोक्ष कलश विशेष बस के जरिए हरिद्वार के लिए रवाना किया गया बस को विधायक पानाचन्द मेघवाल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया ब्रंदी से भी आज मोक्ष कलश विशेष बस को हरिद्वार के लिए भेजा गया है प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश में वापस आने का क्रम भी लगातार बना हुआ है आज मुंबई से एक विशेष ट्रेन चूरू पहंची

बूंदी में कोविड रोगी की प्रष्टि के बाद शंकरपुरा क्षेत्र को जीरो मॉबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है

उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा की टैक्सटाइल सेक्टर की सभी मेगा इकाईयों में उत्पादन शुरू हो गया है

श्री मीणा ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रयासों में तेजी लाई गई है

उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए तीन तरह से काम किया जा रहा है इनमें स्वदेशी प्रयास अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किया जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल है डॉ विजयराधवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए चार तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे है

इस कार्ये में कोन्द्रीय कृषि मंत्रालय का टिड्डी चेतावनी संगठन तथा राज्य का कृषि विभाग जुटा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इससे सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी दी अब इन मंडियों में राष्ट्रीय कृषि ई नाम परियोजना का काम बेहतर ढंग से हो पायेगा

अल सुबह से गर्म हवाओं का दौर शुरू होने से लोग घर से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे है

जैसलमेर में भी झलसा देने वाली गर्मी के कारण शहर के लोगों को भारी परेशानी हो रही है